जिससे राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉ बीडीमिश्रा और म्ख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने सह अध्यक्षता की बैठक में राज्यपाल ने कहा कि राज्य के हर नागरीक की स्रक्षा और प्रदेश की जमीन की हर इंच राज्य सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि लोगों में स्रक्षा की भावना पैदा करना राज्य सरकार की केंद्र बिंदू होनी चाहिए वहीं म्ख्य मंत्री ने कहा कि लोगों और उनके आजीविका की सुरक्षा सरकार का मुख्य चिंता का विषय है और सरकार इसे स्निश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगे इससे पहले दीमाप्र जी ओ सी के तीन कोर के लेफ्टिनेंट जनरल केपीकलिता और अरुणाचल डी जी पी आर पी उपाध्याय ने नेताओं को उग्रवाद प्रभावित तिराप चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी

नाहरलग्न स्थिति लेखि विलेज के सत्तर वर्षीय निवासी का कल डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंपू में मृत्यु हो गई कल राज्य में दो सौ सात नए कोरोना पॉजिटिव मामले रिपोर्ट किए गए इसके साथ अब प्रदेश में बारह हजार सात सौ अड़सठ क्ल कोविड मामले हो गए है वहीं एक सौ इक्कीस रोगी ठिक हो गए है जिन्हें कल अस्पताल से छ्ट्टी दे दी गई नए मामलो में चौसठ मामले राजधानी ईटानगर क्षेत्र से सामने आए है लोअर दिबांग वैली से चौबीस वेस्ट सियांग जिले से अट्ठारह वेस्ट कामेंग से चौदह ईस्ट सियांग से तेरह चांगलांग से बारह और तिराप से ग्यारह लोहित से नौ मामले लेपारादा से आठ लोअर स्बनसिरी से छह सियांग और नामसाई से पांच पांच पाक्के केसांग और अपर सियांग से चार चार अंजाव क्रुंग क्मे पाप्मपारे और लोंगडिंग से दो दो मामले और कामले और तवांग जिले से एक एक मामले सामने आए है

उपम्ख्यमंत्री चाउना मैन को कर और उत्पाद श्ल्क स्टेट लॉट्रिस और आर्थिक सांख्यिकीय उत्पाद श्ल्क की अतिरिक्त प्रभार सौंपी गई वहीं लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री वांकी लोवांग को सूचना प्रौद्योगिकी ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री हनच्न डानदाम को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शहरी विकास मंत्री कामल्ंग मोसांग को भूविज्ञान और खनन ग़हमंत्री बामांग फेलिक्स को आई पी आर और प्रिंटिंग उद्योग मंत्री त्मके बागरा को श्रम एवं रोजगार और सहयोग विभाग खेल मंत्री मामा नातंग को पर्यावरण एवं वन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई जबकि पर्यटन मंत्री नाकाप नालो को भू प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई इसके पहले इन विभागों की जिम्मेदारी म्ख्यमंत्री ने संभाल ह्ए थे

नव नियुक्त सलाहकार सरकार और मंत्रियों को राज्य में चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने और निगरानी करने में सहायता करेंगे कल सिविल सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड् ने निय्क्ति आदेश सौंपा इस दौरान श्री खाण्ड् ने कहा कि इन निय्क्तियों का सरकारी कोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा उन्होंने स्पष्ट किया की किसी भी तरह की पारिश्रमिक भत्ता और स्विधाएं उन्हें प्रदान नहीं किए जाएगें

इस गांव में बाईस परिवार है जिसमें ब्रोकपा सम्दाय के एक सौ सत्तर लोग बसे हए है वे लोग याक पालन करते है और खानाबदोश है गांव वालों को वर्ष दो हजार उन्नीस तक पेय जल की आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ा लेकिन इस वर्ष जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्टेट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग ने गांव के सभी घरों में उपचारित पानी की आपूर्ति की